धर्मशाला व देहरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में लाई जाएगी तेज़ी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा ब्यास नदी पर पुल बनाकर भुंतर हवाई अड्डे का किया जाएगा विस्तार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में युवाओं के लिए स्वरोजगार के व्यापक अवसर हैं और इसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी सभाए ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

इस अवसर पर सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है समारोह में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और सहकारिता मंत्री राजीव सहजल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

उल्लेखनीय है कि केन्द्र ने इन दोनों नदियों के तटीकरण के लिए एक हजार एक सौ दो करोड़ रूपये का बजट मंजूर किया है

धर्मशाला क्षेत्र के रक्कड़ और भागसू में आज जनसभाओं में उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है

किशन कपूर ने भागसू में जनसमस्याएं भी सुनीं मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दूसरे दिन आज म्याड घाटी में विभिन्न गांवों के लोगो की समस्याए सुनीं उन्होंने चिमरेट में पंचायत भवन का लोकार्पण किया और टिंगरेट में एक करोड़ से बनने वाले पश् औषधालय व आवास भवन की आधारशिला रखी मारकंडा ने छलिंग गांव में बर्फबारी की वजह से फंसी करीब एक हज़ार बीज आलू की बोरियों को मंडियो तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि घाटी में जल्द ही पशुचारे की आपूर्ति भी की जाएगी स्वास्थ्य योजना प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना शुरू की है इस योजना से जुड़ने के लिए निजी अस्पतालों में सरकार की शर्तों के मुताबिक बिस्तरों की व्यवस्था एक्स रे ँव अल्ट्रा साउंड की सुविधा ईसीजी और विशेषज्ञ चिंकित्सा सेवाएं होना ज़रूरी है

योजना में शामिल निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी सुरेश भारद्वाज कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला व देहरा में पिछले करीब एक दशक से लंबित केन्द्रीय विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य में अब तेज़ी लाई जाएगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने धर्मशाला में इस संबंध में आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी

बैठक में शिक्षा सचिव अरूण शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गौ संवर्धन और गाय की सुरक्षा के लिए नस्ल सुधार की जरूरत पर बल दिया है हरियाणा के पंचकूला में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अभियान चलाया गया है और गाय को इस अभियान का आधार बनाया गया है आचार्य देववत ने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय का गोबर जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है इस बीच राज्यपाल ने आज हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का दौरा भी किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश की हर पंचायत में पंचायत घर का निर्माण किया जा रहा है बिलासपुर जिले की माकड़ी पंचायत में आज नव निर्भित पंचायत भवन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूरे बजट का एक तिहाई हिस्सा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जा रहा है

गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि ब्यास नदी पर पुल बनाकर भुंतर हवाई अड़डे का विस्तार किया जाएगा एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भूंतर हवाई अड्डे के विस्तार का सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए है गोबिंद ठाक्र ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके खर्च को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है उन्होंने बताया कि कुल्लू से मनाली तक बाम तट सड़क को डबल लेन करने को भी केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दी है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है वे कल सिरमौर जिले में नाहन क्षेत्र की सलानी कटोला पंचायत में विशेष घटक योजना के तहत बनने वाली सड़कों के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे

वीरेन्द्र कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चायल में वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में आगे बढ़ने के लिए नशे से दूर रहने और अपने शिक्षकों व अभिभावकों का सम्मान करने का आहवान किया वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है